लोकसभा में इस मुद्दे पर चर्चा में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि शुरू में देश के सात प्रमुख हवाई अड्डों पर विदेशों से आने वाले यात्रियों की स्वास्थ्य जांच की जा रही थी लेकिन अब तीस हवाई अड्डों पर सभी यात्रियों की विस्तृत जांच की जा रही है

डिपेंडिंग अपॉन उसकी क्या हिस्ट्री है क्या उसके सिमटम्स हैं या थर्मल स्क्रीनिंग का क्या रिजल्ट है कृष्ठ लोग ऐसे होते हैं जिनको उसी समय उनको आइस्यूलेट कर दिया जाता है चाहे वो अस्पताल के अंदर किया जाये या दूसरे सिस्टम के अंदर लेकिन कुछ लोग हिस्ट्री या थर्मल स्क्रीनिंग या किसी भी कारण से जिनका थोड़ा सा भी सस्पीशन होता है उन लोगों की एक लिस्ट बनाई जाती है और जो हमारा दिल्ली में एनसीपीसी है वहां पर पूरे ऐसे पैसेंजर्स सारे देशभर के उनका कंप्यूटर्राइज्ड डाटा आता है

उन्होंने लोगों में कोरोना वायरस को लेकर घबराहट दूर करने के लिए सभी मंत्रालयों से सहयोग का आग्रह किया केन्द्र ने कोविड नाइन्टीन की रोकथाम के प्रयासों के तहत पन्द्रह अप्रैल तक सभी पर्यटक वीजा निलंबित कर दिए हैं

केन्द्रीय स्वास्थ्य गंत्री डॉ हर्षवर्धन की अध्यक्षता में नई दिल्ली में मंत्रिसमूह की बैठक में यह निर्णय लिया गया सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि राजनयिक सरकारी संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संगठनों रोजगार और परियोजना से संबंधित वीजा को छोडकर बाकी सभी मौजदा वीजा इस साल पन्द्रह अप्रैल तक निलंबित रहेंगे ओसीआई कार्ड धारकों को प्रदान की गई वीजा मुक्त यात्रा सविधा पर भी पन्द्रह अप्रैल तक के लिए रोक लगा दी गई है एयर इंडिया ने रोम मिलान और सोल के लिए अपनी उडानों पर अस्थायी रोक लगाने की घोषणा की है सरकारी सूत्रों ने नई दिल्ली में बताया कि इटली में रोम के लिए उडानों पर पन्द्रह से पच्चीस मार्च तक के लिए रोक लगाई गई है जबकि इटली में मिलान और दक्षिण कोरिया में सोल के लिए उडानें इस महीने की चौदह से अट्ठारह तारीख के बीच बंद रहेंगी संसद में दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक दो हजार बीस पारित हो गया है लोकसभा ने इसे पहले ही पारित कर दिया था राज्यसभा में आज वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने विधेयक पेश करते हथे कहा कि विकास की दृष्टि से मौजूदा परिस्थितियों में वर्तमान विधेयक में संशोधन आवश्यक है उन्होंने जोर देकर कहा कि विधेयक से पहले अध्यादेश लाना महत्वपूर्ण है ताकि अनावश्यक अंतराल न आये वित्तमंत्री ने बताया कि इस वर्ष पहली जनवरी तक नेशनल कंपनी लॉ ट्राइव्यूनल ने करीब तैंतालीस हजार मामले निपटाये थे जिनमें से पन्द्रह हजार दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता पर आधारित मामले थे श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सरकार मकान खरीदने वाले हर व्यक्ति के अधिकार और सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति वचनबद्व है सुक्ष्म लघू और मझोले उद्यमों एमएसएमई का उल्लेख करते हये उन्होंने कहा कि बैंकों से हितार्थियों का बकाया भुगतान किया जाये केन्द्रीय सुक्ष्म लघ् और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने आज लोकसभा में सदस्यों से आग्रह किया कि वे सरकारी कार्यक्रमों के बारे में लोगों को जानकारी देने वाले उद्यम सखी पोर्टल का व्यापक प्रचार प्रसार करें देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी फंडिंग आधारित उधारी दरों में दस से पन्द्रह आधार अंकोंकी कटौती और सावधि जमा ब्याज दरें भी घटाने की घोषणा की है यह एक महीने में दूसरी और मौजूदा वित्त वर्ष में दसवीं कटौती है बैंक ने दो करोड़ रुपए से कम घनराशि की खूदरा अवधि जमा पर कृछ मामलों में दस से पचास आधार अंकों की कटौती की है बैंक के अनुसार आवासीय ऋणों और सावधि जमाओं की नई दरें दस मार्च से लागू हो गई है

उन्होंने कहा कि प्रदेश के उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए सरकार किसान आसान किस्त योजना के अन्तर्गत किसानों का सरचार्ज माफ कर रही है इस योजना में किसान चौबीस आसान किस्तों में अपना बकाया जमा कर सकते हैं देशवासियों के पोषण स्तर में सुधार के लिए केन्द्र सरकार पोषण अभियान का प्रमुख कार्यक्रम चला रही है इसके अतर्गत बच्चों बालकों गर्भवती और दुग्धपान कराने वाली माताओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है